इनमें से सबसे ज्यादा बाईस मरीज़ जोधपुर के हैं इनके अलावा चित्तौडगढ में सोलह जयपुर में तेरह पाली में सात अजमेर में पांच धौलपुर में चार कोटा में दो सिरोही और उदयपुर में एक एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है

सिरोही में संक्रमित मरीज की हिस्ट्री खंगाली उदयपर के कान्जी का हाटा में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने रावजी और कान्जी का हाटा के अलावा आसपास के क्षेत्रों में और विश्वकम्प्र मंदिर तथा श्रीनाथ मंदिर क्षेत्र में कफ्यू लगा दिया है उधर भरतपूर के कम्हेर कस्बे में लगाए गए कफ़र्यू में ढील देकर प्रशासन ने तय समय सीमा में द्रकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं

लॉकडाउन में लोगों को संकमण से बचाने के लिए श्रीगंगानगर में आज से ऑड ईवन सिस्टम लग्गू किया गया है

श्री गहलोत ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जरूरत पडने पर टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की तैयारी रखी जाए

चार अभावग्रस्त जिलों जैसलमेर बाडमेर जोधप्र और हनुमानगढ में एसडीआरएफ के तहत पेयजल परिवहन के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं

हमारे बीकानेर सीकर और बूंदी संवाददाताओं ने मंडियों के बंद रहने के समाचार दिए हैं दूसरी ओर कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि यह फीस किसानों की भलाई के काम के लिए काम में ली जाएगी और इसका भार किसानों और कारोबारियों पर नहीं पड़ेगा वहीं प्रतापगढ जिले के छोटी सादड़ी में करीब एक माह देरी के बाद आज अफीम काश्तकारों की तुलाई का कार्य सेनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हुआ इस क्षेत्र के तीन हजार चार सौ से अधिक किसानों के लिए तुलाई केन्द्र बनाया गया है

राजस्थान से उत्तप्रदेश जाने वाले और उत्तरप्रदेश से राजस्थान आने वाले श्रमिकों के लिए भरतपुर में व्यवस्था की गई है अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार मालव ने बताया कि इसके लिए लोहागढ स्टेडियम में ट्रांजिट पाइंट के अलावा चैक पोस्ट बनाए गए हैं

गाड़ी के मुसाफिरों के स्टेशन पहुंचने पर जिलेवार छंटनी की गई और पुलिस तथा आरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में मेडिकल टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए थर्मल स्केनिंग की नगर निगम की ओर से मुसाफिरों को मास्क दिए गए

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है अब बिना ई पास के कोई व्यक्ति अंतरराज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा केवल मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में जिला कलेक्टर ई पास जारी कर सकेंगे श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य से बाहर की यात्रा के लिए केन्द्र की गाइड लाइन के अनुरूप पात्रता पूरी करने वाले व्यक्ति को जिला कलेक्टर की सिफारिश पर गृह विभाग के स्तर पर अनुमति जारी की जाएगी इसके अलावा राज्य सरकार की ई एनओसी के बाद ही दूसरे राज्य से राजस्थान आने वालों के लिए परमिट जारी किया जा सकेगा

राज्य में ईलाज की ज़रुरत के कारण या किसी की मौत होने के मामले में ही ज़िला कलेक्टर ई पास जारी करेंगे और इसकी जानकारी तुरंत गृह विभाग को देंगे बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल ने कहा कि विदेशों र्स राज्य में आने वाले करीब साढे आठ हजार व्यक्तियों को एयरपोर्ट पर उतरने के साथ भुगतान आधारित संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सीमा को सील किए जाने के निर्देशों के बाद सवाईमाधोपुर जिले में भी मध्यप्रदेश से लगने वाली सड़क सीमा पर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं

जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से लगती गुजरात सीमा पूरी तरह सील कर दी गयी है झालावाड़ जिला जो कि तीनों ओर से मध्यप्रदेश से धिरा हुआ है वहां से भी सभी सीमाओं अनाधिकृत प्रवेश बंद कर दिया गया है

इस मौके पर प्रदेशभर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए आज देर शाम कई जगह दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे

राज्यपाल कलराज मिश्र ने विशाखापत्तनम में हुए गैस लीक हादसे पर दुख जताया है उन्होंने इस हादसे में हताहत हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है